कांग्रेस पार्टी ने कल लोकसभा चुनाव के लिये अपना घोषणा पत्र किया जारी गरीबों के लिये न्यूनतम आय की गारंटी तथा रोजगार उपलब्ध कराने के किये वायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से देश और प्रदेश के विकास में मतदान करने की अपील की प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तेरह सीटों के लिये कल अधिसूचना जारी नामांकन प्रक्रिया श्रू वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और नक्सलवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा कल बिहार में जमूई और गया में चुनाव सभाओं में उन्होंने कहा कि देश रक्षा और सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के सत्ता में आने पर प्रशासन कमजोर हो जाता है श्री मोदी ने कहा विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई युवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई इसके लिए एक ईमानदार प्रयास अगर हम सभी एनडीए के साथी मिलकर के कर पाएं हैं तो इसके पीछे आप सभी का साथ आप सभी की भागीदारी है प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह आरक्षण का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह कर रही है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत का आरक्षण देते समय मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की है प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हए कहा कि एनडीए सरकार ने बाबा साहेब को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया उन्होंने बिहार के लोर्गो से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया कांग्रेस ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं नई दिल्ली में एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत पार्टी ने पांच करोड़ गरीब परिवारों को वार्षिक बहत्तर हजार रुपये उपलब्ध कराने का वायदा किया है जोकि छह हजार रुपये की मासिक किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में जमा कराई जायेगी मेनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया है सबसे पहला थीम न्याय का थीम और दूसरा काम रोजगार और किसान हमने निर्णय लिया है अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वह क्रिमिनल ऑफेंस ना हो वो सिविल ऑफेंस हो शिक्षा और स्वास्थ्य नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर हमारा जबरदस्त फोकस होगा रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी मार्च दो हजार बीस तक बाईस लाख रिक्त पदों को भरने का वायदा किया है और ग्राम पंचायतों में दस लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनरेगा की आलोचना के मुद्दे पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वर्तमान एक सौ मानव दिवस को बढ़ाकर डेढ़ सौ कर दिया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षों तक भारतीय य्वाओं को अपना व्यापार श्रू करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी रिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत रिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा पत्र में किसानों द्वारा ऋण अदा न करने को आपराधिक नहीं बल्कि दीवानी अपराध समझा जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा का वायदा किया है और नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के पुनर्गठन का वायदा किया है पार्टी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत सीट आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने को भी कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे खतरनाक वादे किए हैं जिससे देश विमाजित होगा कांग्रेस के घोषण पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राजद्रोह कानून को समाप्त करने के कांग्रेस के वादे की आलोचना करते हुए कहा कि इसका मतलब अलगाववादियों का बचाव करना है

देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है मैनीफेस्टो में लिखा है कि सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा ये प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जेहादियों की रक्षा करने के लिए कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए राजद्रोह पर भाजपा नेता अरूण जेटली की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि यह औपनिवेशिक काल का कानून है और अब प्रासंगिक नहीं रह गया है कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा राजद्रोह पर आदरणीय चिदम्बरम साहब ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि ये एक अंग्रेज के समय का कानून है और उसके बाद देश में डिफेन्स ऑफ इंडिया कानून बनाया गया और उसके साथ साथ अन लॉ फुल एक्टीविटीज प्रिवेशन कानून भी बनाया गया ये दोनों कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान इनमें है वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना की है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने दस साल ठीक से काम किया होता तो झूठे वायदे करने की जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुये युवाओं से देश और प्रदेश के विकास में मतदान करने की अपील की श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलक्षियां गिनाते हए कहा कि भाजपा की सरकार में तेजी से विकास हुआ है उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी अपने पचपन साल के कार्यकाल में गरीबों के खाते तक नहीं खुलवा पाई और अब वह बहत्तर हजार रूपये देने की बात कह रही है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी पांच साल के कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के रूप में भारत ने अंतरिक्ष में सफलता पाई है दिल्ली और बम्बई उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक को प्रदर्शित करने से रोकने के लिए दाखिल की गई दो अलग अलग जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सेंसर बोर्ड या चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तेरह सीटों के लिये कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई नामांकन के पहले दिन कल भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार ने खीरी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया राज्य चुनाव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण में शाजहापुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में उन्तीस अप्रैल को मतदान होगा इस चरण के लिये नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में दो करोड़ अड़तीस लाख मतदाता है जिनमें एक करोड़ उन्तीस लाख पुरूष मतदाता एक करोड़ नौ लाख महिला मतदाता तथा एक हजार दो सौ तीस थर्ड जेंडर मतदाता है

इसमें से पच्चीस उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चे दाखिल किये कल जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किये उनमें बरेली लोकसभा सीट से भाजपा के संतोष गंगवार कांग्रेस से प्रवीन सिंह रामपुर से सपा प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान कांग्रेस से संजय कपूर पीलीभीत से सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा भारतीय नैतिक पार्टी के संजय कमार बदायूं से भाजपा की संघमित्रा मौर्य और संयक्त समाजवादी दल के महेश कुमार झा शामिल है इस चरण में प्रदेश की दस सीटों पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा तीर्सरे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अप्रैल है